ये मरीज ब्रेन स्टॉक और पक्षाघात जैसी बीमारियों से भी ग्रसित था

दिल्ली के तबलीगी जमात सेंटर में धार्मिक आयोजन में शामिल होकर आये प्रदेश के लोगों में कोरोना संकमण मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है

चिकित्सा विभाग इन लोगों की जांच कर इन्हें क्वारेंटाइन करने में जुट गया है च्रूर में सात लोगों के पॉजिटिव मिलने के बाद चूरू और सरदारशहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है टोंक में तबलीगी जमात हिस्सा लेकर आये चार लोग कोरोना संक्रमित मिले जिन्हें ईलाज के लिए जयपुर रैफर कर दिया गया है

पाली में भी दस ऐसे लोग मिले है जिन्होंने तबलीगी जमात में हिस्सा लिया था राज्य में कई कोरोना संक्रमित मरीजों के ईलाज के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है ये लोग अपने अनुभव को लोगों से साझा कर रहे है इन्हीं में से जोधपुर के एक मरीज महेश उत्तम चन्दानी से आकाशवाणी ने बातचीत की

विभिन्न जिलों में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद होकर कोरोना के खिलाफ लडाई लड रहा है इसमें दान दाताओं और स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिल रहा है

बाडमेर में वेदांता केयर्न ऑयल एण्ड गैस की ओर से कोरोना की रोकथाम में जुटे लोगों के लिए सैनेटाईजर उपलब्ध करावाया गया उदयपुर जिले की सभी सीमाएं प्रशासन ने सील कर दी है और पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है

वहीं बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में चूरू में पॉजिटिव पाये गये लोगों का ईलाज चल रहा है

बांसवाडा में कुशलगढ और छोटी सरवन के ब्लॉक सीएमएचओ को काम के प्रति लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है बाडमेर में विधायक मेवाराम जैन ने अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए जनप्रतिनिधि विभिन्न संस्थाएं और लोग बढ चढकर सहयोग कर रहे है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाने का आहवान किया है

भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में आज देश और प्रदेश में परम्परागत रूप से मनाया जा रहा है